शिमला स्थित राजभवन में हए एक सादे मगर गरिमामय समारोह में प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल ने उन्हें पद की शपथ दिलाई मिनिस्टर इन वेटिंग शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस मौके मौजूद रहे राज्यपाल को इस अवसर पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कप्र ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर पूर्व मुख्यमंत्री व विधायक वीरभद्र सिंह और मुख्य सचिव विनीत चौधरी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस दौरान मौजूद रहे समारोह के बाद कार्यकारी राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने बताया कि हिमाचल एक छोटा और महत्वपूर्ण प्रदेश है और यहां के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार मिलने से उनके जीवन में एक नया अध्याय जुड़ा है

सरवीण प्रदेश सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए लगातार प्रयासरत्त है

सुरेश भारद्वाज सम्पर्क से समर्थन अभियान के तहत शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में प्रदेश लोकसेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष के एस तोमर से भेंट की इस दौरान उन्होंने केन्द्र सरकार की चार वर्ष की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी नीतियों की जानकारी भी दी सुरेश भारद्वाज ने फागली में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के निर्माणाधीन भवन का औचक निरीक्षण भी किया

बीएसएनएल बीएसएनएल द्वारा शिमला दूरसंचार जिला के उपभोक्ताओं को जुलाई माह के टेलीफोन और मोबाईल सेवा बिल भेज दिए गए हैं दरसंचार जिला शिमला में राजस्व जिला शिमला किन्नौर और लाहौल स्पिति जिले की स्पिति घाटी व कुल्लू जिले का निरमंड उपमण्डल शामिल हैं दूरसंचार जिला शिमला के महाप्रबंधक एमसी सिंह ने बताया कि किसी भी कारण से यदि उपभोक्ता को बिल न मिला हो तो वो नजदीकी उपमण्डल अधिकारी या ग्राहक सेवा केन्द्र से सम्पर्क कर सकते हैं उन्होंने कहा बिल का भुगतान ऑनलाईन भी किया जा सकता है गोबिंद परिवहन व खेल मंत्री गोबिंद ठाकुर ने धर्मशाला के इनडोर स्टेडियम में आज इंटर स्टेट स्पोर्टस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया

इस मौके पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश की नई खेल नीति जल्द ही लाई जाएगी गोबिंद ठाकुर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए खेल विधेयक बिल को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा गोबिंद ठाकुर ने बताया कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है इससे पहले उन्होंने पुलिस मैदान में पौध रोपण अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में अर्जुन का पौधा रोपित किया

इस मौके सांसद वीरेन्द्र कश्यप बतौर मुख्यातिथि मौजूद रहे उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने और अभिभावकों व अध्यापकों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का आहवान किया समझौता ज्ञापन डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी और एसजेवीएन फांउडेशन शिमला के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं

कांगड़ा की पर्यटन व नागर विमानन उपनिदेशक मधु चौधरी ने बताया कि ये निर्णय लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है